श्री गहलोत इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं मुख्यमंत्री इसके बाद शाम पांच बजे आयुर्वेद विभाग और शाम साढे सात बजे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से ही कोविड समीक्षा बैठक करेंगे इससे पहले कल उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विधायकों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के साथ बैठक की थी उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आहवान किया कि लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करने के लिए वे आमजन को प्रेरित करें नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोविड हैत्थ प्रोटोकॉल की पालना करें मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में कोरोना बड़ी संख्या में युवाओं बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चपेट में ले रहा है

राजधानी जयपुर में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चैक पोस्ट बनाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है टोंक जिले की विभिन्न तहसीलों में कोरोना के प्रति जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा घर घर सर्वे किया जा रहा है भरतपुर में आज केवलादेव नेशनल पार्क को सैनिटाइज किया गया

कुछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार मामूली कम हुई है

संचार मंत्रालय ने कहा कि यह तथ्य गलत है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है

झालावाड़ में आज से युवाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है

केन्द्र सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा प्रभावित जिलों में गेहूं फसल के खरीद सैंपल की जांच की गई इसके बाद समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार छूट प्रदान की गयी है इससे प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को काफी राहत मिलेगी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में रबी की फसल का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य सुचारु रूप से जारी है

मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है जिससे लोगों को गर्मी से थोडी राहत मिली है मौसम विभाग आज जोधपुर नागौर दौसा भरतपुर तथा जयपुर जिलों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है